् अक्षय तृतीया के मौके पर विभिन्न स्थानों पर प्रशासन की सतर्कता और जागरूकता अभियान के कारण रूकवाये गये बाल विवाह

इसके अलावा चार पुलिसकर्मियों को लाईन हाजिर किया गया है मामले में पुलिस ने कल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया

आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमों को अन्य राज्यों में भेजा गया है उन्होंने बताया कि पीड़िता की ओर से दो मई को दो नामजद आरोपियों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी लेकिन पुलिस ने सभी पांचों आरोपियों की पहचान कर ली है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए अपराधियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने के लिये वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये है श्री गहलोत ने कहा कि पुलिस द्वारा किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता पाये जाने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी उन्होंने कहा कि सरकार महिला सुरक्षा के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध है इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने घटना की निन्दा करते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का आरोप लगाया है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने जयपुर में कहा कि अपराधियों में प्रशासन का कोई डर नहीं है

विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने कल जनसभाए की

विपक्ष ने कम से कम पचास प्रतिशत इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का मतदान पुष्टि पर्चियों से मिलान करने का अनुरोध किया था

नाबालिगों के परिजनों ाके नोटिस देकर पाबंद किया गया इधर अजमेर में जिला प्रशासन की सजगता से चार नाबालिग लड़कियों का विवाह रूकवाया गया अजमेर जिले के पीसांगन के गांव मुकृंजी की ढाणी स्थित एक परिवार में मृत्यू भोज की आड़ में चार नाबालिग लड़कियों का विवाह कराने की पुलिस को सूचना मिली थी इस पर पुलिस और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर बच्ची के पिता को हिरासत में ले लिया और संबंधित न्यायालय में पेश कर शादी नही करने के लिये पाबंद किया इस बीच बूंदी जिले में तीन स्थानों पर बाल विवाह रूकवाये गये

इस भर्ती रैली में जोधपुर पाली प्रतापगढ़ बांसवाड़ा ड्रंगरपुर उदयपुर बाड़मेर जैसलमेर सिरोही और जालौर जिलों के अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे सेना भर्ती रेली का विस्तृत कार्यक्रम छह जून से वेबसाईट पर उपलब्ध होगा

हादसे में एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया उदयपुर में अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर पारोही के पास कल देर रात ट्रक और मोटरसाईकिल की टक्कर में दो युवकों की मौके पर ही मृत्यू हो गई

राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र की ओर से चार दिवसीय बहुभाषीय नाट्य समारोह जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है समारोह में महाराष्ट्र गुजरात गोवा और राजस्थान के चार नाटकों का मंचन होगा कल पहले दिन मराठी नाटक अचानक का मंचन हुआ आज बीकानेर के अनुराग कला केन्द्र के सुरेश व्यास द्वारा निर्देशित नाटक भोला भेरू का मंचन किया जायेगा

कल अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिए गए

चारधाम यात्रा पर आने वाले लोगों के लिए सरकार और प्रशासन ने सभी आवश्यक प्रबन्ध किए हैं